प्रदेश कांग्रेस नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेशभर में आज कर रही है विरोध प्रदर्शन वित्त मंत्री ने नोटबंदी को बताया महत्वपूर्ण कदम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी दिन प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व आज पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

इन हवाई अड्डों में जयपुर सहित अहमदाबाद लखनऊ गुवाहाटी तिरूवनंतप्रम और बैंगलुरू शामिल है कल शाम नई दिल्ली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय में गृहमंत्रालय के अधीन शत्र् संपति के शेयर की बिक्री के लिए नियम और तौर तरीके बनाने को मंजूरी दे दी है

यह निर्णय कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक गतिविधियों के विस्तार में सहायता प्रदान करेगा

गैर बासमती चावल के बाद चीनी दूसरी ऐसी वस्तु है जिसे चीन भारत से आयात करेगा

राज्य में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे है इससे पहले नोटबंदी के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में श्री जेटली ने नोटबंदी को अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया श्री जेटली ने कहा कि नोटबंदी का निर्णय सरकार के अनेक महत्वपूर्ण फैंसलों में से प्रमुख फैसला था वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को त्रासदी की संज्ञा देते हुए इसे आत्मघाती हमला बताया उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सबसे अधिक नुकसान गरीब लोगों को हुआ है राजधानी जयप्र में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतापसिंह खांचरियावास के नेतृत्व में सिविल लाइन्स फाटक पर नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है इस दौरान प्रदर्शन में विभिन्न कांग्रे स पदाधिकारी मौजूद है

सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक साजो सामान की खरीदेदारी की प्रकिया में तेजी से फैसले करने के उद्देश्य से यह वित्तीय अधिकार बढ़ाये गये हैं इस निर्णय से सेना के उप प्रमुखों के अधिकार में पांच गुना वृद्धि हो गई है अब उप प्रमुखों को पांच सौ करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार मिल गए हैं

दिव्यांगता के लिए वैश्विक आईेंटी प्रतिस्पर्धा एक क्षमता निर्माण परियोजना है जो दिव्यांगजन को आईसीटी की सहायता से उनकी कमियों पर विजय पाने में मदद करता है

प्रदेश के दोनों बड़े दल प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए है वहीं बहुजन समाज पार्टी ने धौलपुर बौर बाडी विधानसभा क्षेत्रों क लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है बसपा की ओर से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से पंडित किशनचन्द्र शर्मा और बाडी से रामहत कुशवाह को प्रत्याशी घोषित किया गया है

निर्वाचन विभाग विभिन्न माध्यमों के जरिये लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहा है बीकानेर के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में मतदाता जागरूकता के लिए आने वाले दिनों में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जैसलमेर में निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत गड़ीसर तालाब पर इक्कीस सौ दीपो से दीपमाला सजाई देशी विदेशी सैलानियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया जैसलमेर के गड़ीसर पर पहली बार दीपमाला का आयोजन किया गया है

बहनें अपने भाईयों को तिलक लगाकर लम्बी उम्र की कामना कर रही है वहीं भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन ले रहे है राजधानी जयपुर के केन्द्रीय काराग्रह में बंद कैदियों से मिलने आने वाली बहनों के लिए काराग्रह में विशेष इन्तजाम किए गए है बीकानेर में भाईदूज के मौके पर तालाब सरोवर में सुबह से ही लोगों की काफी भीड़ लगी हई है इस मौके पर स्नान का विशेष महत्व है कर्पिल मुनी की कर्मस्थली कही जाने वाली कपिल सरोवर श्रीकोलायत में स्नान का विशेष उत्साह देखा जा रहा है प्रदेशभर से हमारे संवादाताओं ने खबर दी है कि भाईदूज के मौके पर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है

इस संबंध में सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है लैपटॉप या कम्प्यूटर के इस्तेमाल के लिए दिव्यांग परीक्षार्थी को इसके लिए सीबीएसई से पहले अनुमति लेनी होगी

जिले में उपज के बेहतर प्रबन्धन के कारण पैदावार में बढ़ोतरी हुई है

भारत अपना पहला मैच आज गयाना में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह होगी वहीं भारतीय बल्लेबाजी की बागडोर मितालीराज संभालेगी

मैदानी इलाकों में रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है